सूरत से दो विषेष श्रमिक रेलगाड़ी आज कोडरमा पहुंची उपायुक्त रमेष घोलप ने बताया कि सभी मजदूरों का स्वास्थ्य जांच के बाद उनके गृह जिलों के लिए भेज दिया गया उन्होंने बताया कि इनमें सबसे अधिक गिरिडीह जिले के नौ सौ अठाइस श्रमिक शामिल हैं इधर विषाखापटनम से ग्यारह सौ सतावन प्रवासी मजदूरों को लेकर विषेष श्रमिक रेलगाड़ी डालटनगंज पहुंची चियांकी स्थित हवाई अड्डा परिसर में बनाये गये सहायता केन्द्र में स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें राषन उपलब्ध कराया गया और सभी को चौदह दिनों के होम कोरेंटीन में अपने अपने घर सुरक्षित बसों के द्वारा भेजा गया

स्टेषन पर इंडियन मेडिकल एसोसिएषन के रामगढ़ जिलाध्यक्ष सहित जिला प्रषासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया इस मौके पर जिला प्रषासन की ओर से प्रवासी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उनके गृह जिलों के लिए रवान किया गया

पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में पहली बार दो छात्र कोरोना संक्रमित पाए गये हैं नीति आयोग ने इस जिले में एक भी कोरोना का मरीज न होने के कारण इसकी सराहना की थी जिला प्रषासन ने इन इलाकों को बंद करके संक्रमित रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाना शुरू कर दिया है उधर गिरिडीह जिले के गांडेय में भी आज एक कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गयी

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेषक रामवृक्ष महतो की उपस्थिति में आज बिरसा मुंडा बागवानी मिषन के तरह पौधरोपण कार्यक्रम का श्रभारंभ किया गया स्थानीय मजदूर अपने घर में रोजगार पाकर काफी खुष हैं

यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नम्बर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज लेने से मना नहीं किया जाएगा न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा

इसके अन्तर्गत हर जिले से हर सप्ताह दो सौ नमूने और हर महीने आठ सौ नमूने लिए जायेंगे प्रत्येक जिले से छह सार्वजनिक और चार निजी अस्पातालों सहित दस अस्पतालों का चयन किया जायेगा

इस मौके पर श्री मुंडा ने वन वंध्रओं के विकास के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और आवष्यक दिषा निर्देष दिये

श्री मुंडा ने लिखा है कि हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान राज्य के प्रतिष्ठित और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने बताया कि धान का बीज किसानों को नहीं मिला है जबकि राज्य में धान की बोवाई पच्चीस से तीस मई के बीच शुरू हो जाती है उन्होंने लिखा है कि यदि राज्य सरकार पन्द्रह मई तक धान का बीज उपलब्ध नहीं कराती है तो किसानों को कई समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मरीजों की सेवा में जुटी नर्सों को नमन किया है उन्होंने कहा कि विष्व की पहली नर्स फ्लोरेंस नाईटिंगल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है

शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने पर दर्षन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी

शहीद के पिता भुर्वेनष्वर यादव ने कहा कि उनके पुत्र की वीरता पर उन्हें गर्व है

पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह की सूचनाए पूरी तरह झूठी है और संस्कृति मंत्रालय या उसके अधीन संगीत नाटक अकादमी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है धनबाद में आज एक दर्जन से अधिक युवक अपने घर वापस भेजे जाने की मांग को लेकर रणधीर प्रसाद वर्मा चौक पर धरना पर बैठे इन युवकों ने लॉक डाउन के दौरान अपना कारोबार प्रभावित होने से गृह राज्य असम भेजने की मांग की पष्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव ग्रदड़ी सीमा पर आज स्रक्षा बलों और उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के बीच मुठभेड़ हुई पुलिस अधीक्षक इन्द्रजीत महथा ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से चार बाईक पावर बैंक सहित कई सामग्री बरामद की गयी है खूंटी जिला प्रषासन द्वारा आज पष्चिम बंगाल के पैंसठ मजदूरों को सुरक्षित वाहन द्वारा उनके गृह जिला मुर्षीदाबाद और हुगली भेजा गया